कारगिल विजय दिवस पर प्रदेश में शहीदों को दी गई श्रद्वांजलि मंडी में हुआ मुख्य समारोह

मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ जंग को पूरी सजगता और सतर्कता के साथ लड़ने पर बल दिया है आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ठीक होने की दर अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है और मृत्यु दर भी दुनिया के ज्यादातर देशों से काफी कम है प्रधानमंत्री ने माना कि कई स्थानों पर कोरोना तेज़ी से फैल रहा है और ऐसे में सभी को ज्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ जंग को हमें पूरी सतर्कता के साथ लड़ने की ज़रूरत है

प्रधानमंत्री ने देशवासियों को आने वाले सभी पर्वों की बधाई भी दी रितेश कपूर आकाशवाणी समाचार शिमला विजय दिवस देशभर में आज कारगिल विजय दिवस पर युद्ध वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई

इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज शिमला स्थित राजभवन में नागा रेजिमेंट के कारगिल युद्ध नायकों से बातचीत की उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए सेना के बलिदान और संकल्प के प्रति देशवासी सदैव ऋणी रहेंगे कारगिल विजय दिवस के मौके पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए मंडी में हुए मुख्य समारोह को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया उन्होंने शहीदों को श्रद्वांजलि दी और कहा कि ये दिन उन वीर जवानों के प्रति समर्पित है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल संघर्ष जैसी बड़ी घटनाओं की आने वाली पीढ़ियों को जानकारी देने की ज़रूरत है

सैनिक कल्याण मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर सांसद व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप और सांसद राम स्वरूप शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए ज़िला कार्यक्रम विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कांगड़ा के थुरल शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला के समरहिल ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कवर ने ऊना और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कसौली में शहीदों को श्रद्वांजलि दी परिवहन मंत्री गोबिंद ठाकुर ने कुल्लू में कहा कि हमारे देश के सैनिकों ने हमेशा ही सीमा पर अदम्य साहस दिखाया है कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भी वीर जवानों को श्रद्धासमुन अर्पित किए

ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए समाज के हर वर्ग को पौधरोपण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है

मिंजर मेला चम्बा ज़िला मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने आज शुभारम्भ किया कोरोना संकट के चलते इस बार इस उत्सव में केवल रस्म अदायगी ही की गई

इस दौरान चम्बा शहर में एक शोभा यात्रा भी निकाली गई इस बार उत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और व्यावसायिक गतिविधियां आयोजित नहीं की जाएंगी बधाई मिंजर इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की लोगों को बधाई दी है

उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचना में की जा रही देरी से हज़ारों प्राथमिक शिक्षक मायूस हैं अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि भाजपा सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस कल से प्रदर्शन शुरू करेगी ऊना में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार में माफिया व भ्रष्टाचार चरम पर है और मुख्यमंत्री को खुद आगे आकर स्वास्थ्य विभाग में हुई खरीद की जांच करवानी चाहिए